कल कृषि राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने सदन में शून्यकाल में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इससे हुए नुकसान के आंकलन के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल गठित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने टिड़डी प्रभावित देशों से संवाद शुरू कर दिया है इधर राज्य में टिड़डी नियंत्रण संगठन के उप निदेशक आर पी गुर्जर ने बताया कि टिड्डी दलों पर नियंत्रण किया जा चुका है और अब इसके फैलाव की कम संभावना है बैंक जमाओं पर बीमा कवर एक लाख रूपये से बढाकर पांच लाख रूपये कर दिया गया है इसे लेकर रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के तहत यह कदम उठाया गया है गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बीमा कवर बढाकर पांच लाख रूपये करने की घोषणा की थी आज जयपुर को यूनेस्को की ओर से हेरिटेज सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी इस मौके पर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा कार्यक्रम के दौरान अल्बर्ट हॉल के आसपास यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट पूर्वी गेट तथा घोड़ा सर्किल से अल्बर्ट हॉल की तरफ यातायात बंद रहेगा प्रदेश की कृषि उपज मण्डियां तथा उप मण्डियां जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगी साथ ही जयपुर में मुहाना स्थित फल सब्जी मंडी प्रांगण का भी कायाकल्प होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न मण्डियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना और मुहाना मंडी में कचरा संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री ने बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया है

हनुमानगढ़ के रावतसर में मेगा हाईवे पर कल देर शाम तीन वाहनों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गयी यह हादसा एक ट्रक पिकअप और ट्रक ट्रेलर के टकरा जाने से हुआ इससे तीनों वाहनों में आग लग गई पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ट्रेलर में सवार दो व्यक्तियों की जलने से मृत्यु हो गयी

उधर राजसमन्द में शक्कर गढ के पास एक मोटर साईकिल और कार की टक्कर में एक महिला सहित तीन लोगो की मौत हो गई और कार मे सवार एक व्यक्ति घायल हो गया उधर पाली में एक पिकअप और मोटरसाईकिल की टक्कर में मोटरसाईकिल पर सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई